इससे हमें अपने राजनैतिक न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना चाहिए श्री नायडू ने आज फेसबुक पर लिखे लेख में कहा कि हम भारत के महा ग्रंथ रामायण के सार्वकालिक सार्वभौमिक संदेश को समझें उसका प्रसार करें उन आधारभूत मूल्यों और मर्यादाओं से अपने जीवन को समृद्ध करें उन्होंने कहा कि भारत के विश्व दर्शन की व्यापकता को समझने के लिए रामायण का अध्ययन करें हमारे संस्कारों जीवन मूल्यों हमारी संस्कृति को पहचानने के लिए रामायण को पढ़ें अपनी भाषाई और वैचारिक समृद्धि को समझने के लिए रामायण का अनुशीलन करें कोरोना वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण देश में संकमित होने वालों की संख्या बढ़ी है वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है

इसके साथ ही कोरोना जांच के सेंपल भी लिये जा रहे हैं राज्य में कल से एक मास्क एक जिंदगी अभियान शुरू हो गया है इसमें लोगों को कोरोना से बचाव और जागरूकता के बारे में जानकारी दी जा रही है

रक्षाबंधन के पर्व को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने आज बाजारों को खुला रखा है

आज शहर की सड़कों पर जगह जगह सुरक्षाकर्मी देखे गये

जिले में कोरोना से लड़ने के लिये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और दो मास्क बैंक बनाए गये हैं यहां जरूरत मंद लोग जाकर मास्क निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं यहां दान दाता मास्क अथवा मास्क के लिये राशि भी दान कर सकते हैं

जबलुपर के मेडीकल कॉलेज में कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू की जा रही है

आगरमालवा में भी आज लॉकडाउन है

वहीं अशोकनगर जिले में संकमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ी है शिवपुरी में भी आज बाजार खुले हैं

इस अभियान में संचालित गतिविधियों में गृह विभाग के साथ साथ नगरीय विकास पंचायत एवं ग्रामीण विकास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा भी कार्यवाही की जाएगी

राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तरप्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमलरानी वरूण के निधन पर गहरा द्ःख प्रकट किया है श्री कोविंद ने कहा कि कमलरानी वरूण जमीनी स्तर पर लोगों की सेवा के लिए जानी जाती थी और दो बार लोकसभा की सदस्य भी रही रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनके निधन पर शोक प्रकट किया है

शहडोल जिले में कल शाम सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई